मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जल्द बुलाया जायेगा विधानसभा का विशेष सत्र वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का लिया फैसला सिमडेगा से पांच उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार लोहरदगा में भाकपा माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो जवान घायल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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित किया वे आरोग्य कृटीर भी गये

आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी हैं प्रधानमंत्री अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के क्रम में सत्रह विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया उन्होनें केवड़िया के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया

वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा राज्य स्थापना दिवस के पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज द्रमका में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न आदिवासी संगठन इसे लागू करने की लगातार मांग करते आ रहे हैं

इस रिपोर्ट को केन्द्र और राज्य सरकारें स्थानीय निकाय पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आयोग की परामर्श परिषद तथा अन्य विशेषज्ञों अकादमिक संस्थानों के विद्वानों और बहुआयामी संस्थानों से विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है वित्त आयोग प्रधानमंत्री को भी यह रिपोर्ट अगले महीने सौंपेगा सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढाने का फैसला किया है पत्र सूचना कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरे बेबुनियाद हैं कि बैंक में जन धन खातों से नकदी निकालने पर सौ रूपये का शुल्क लगेगा केंद्र सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल था वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने इसके बीज के निर्यात पर रोक लगायी है

यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे

सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से करमुक्त नकद राशि ले पाएंगे लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह एलटीसी योजना शामिल होनी चाहिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीददारी डिजिटल माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी

दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्प्ता और अन्य नेताओं ने आज दुमका सीट से झारखंड़ मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉ लुईस मरांडी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सुरज मंडल समेत कई नेताओं ने लोगों से वोट करने की अपील की पूर्व विधायक सुखदेव भगत को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश के निर्देशनुशार सुखदेव भगत को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया गया है भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साह ने बताया कि भगत पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लोहरदगा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे पाकुड़ जिले के शहरी क्षेत्र में किफायती आवास योजना की अहर्ता पूरा करने वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराया जायेगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह संख्या कल संक्रमित व्यक्तियों के सात प्रतिशत से कुछ अधिक है कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर इक्कान्नबे दशमलव एक पांच प्रतिशत से ज्यादा हो गई है

राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में अबतक एक लाख नौ सौ चौसठ पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं

इधर राज्य के चौबीस जिलों में से सत्रह जिलों में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या सौ से भी कम हो चुकी है वहीं बाकी जिलों में चार हजार चार सौ छह संक्रमितों का इलाज चल रहा है इनमें से सबसे ज्यादा सक्रिय मामले रांची और जमशेदपुर में हैं हालांकि यहां भी सक्रिय मामलों की संख्या में पहले की तुलना में तेजी से कमी आ रही है सिमडेगा जिले में पीएलएफआई के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ शम्स तबरेज ने बताया कि चार उग्रवादियों को पाकरटांड थाना क्षेत्र के बागबोधा खेराखापा जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार किया इन उग्रवादियों के पास से दो देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया वहीं जलडेगा थाना क्षेत्र के लमडेगा जंगल से एक उग्रवादी पकड़ा गया इन उग्रवादियों से पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं लोहरदगा जिले में सेरेदाग थाना क्षेत्र के शाहीघाट में सुरक्षाबलों और भाकपा माओवादी के बीच आज हई मुठभेड में दो जवान गंभीर रुप से घायल हो गए उन्हे बेहतर इलाज के लिए रांची लाया जा रहा है यह घटना उस वक्त हुई जब गश्ती कर रहे पुलिस बल पर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो सभी उग्रवादी भाग गए फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रही है

इस दौरान सभी पंचायतों और नगर निकायों में शिविर लगाकर कोरोना की जांच की जाएगी जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि दो दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत चौदह हजार लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है

इस दुर्घटना में दस जवान घायल हो गए जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रदेश कांग्रेस कमिटी कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती औ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी इस मौकें पर सभी जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के सिमलटोली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया इस दौरान कई क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया